इनमें पारादीप हल्दिया दर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दर्गापुर बाका खड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले दो एलपीजी संयत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थो की आसान उपलब्यता से पूर्वी भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि नौ सौ करोड़ रूपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अक्सर भी पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि प्रषानमंत्री रूर्जा गंगा योजना के अंतर्गत सात राज्यों को तीन हजार किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइनों से जोड़ा जाएगा श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आठ करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंण्डर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के आठ करोड गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है आप कल्पना कीजिए जब घर में रहना जरूरी था तब अगर इन आठ करोड परिवारों के साथियों को हमारी बहनों को लकडी या दुसरा ईंघन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पडता तो क्या स्थिति होती कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लामार्थी बहनों को करोडो सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज कानपुर और मेरठ में संक्रमण की स्थिति को देखते हये विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि समी कोविड अस्पतालों में पीपीई किट मॉस्क ग्लब्ज सेनिटाइजर इत्यादि की कमी न होने पाये कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निरन्तर बनाये रखने की व्यवस्था के साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्यता अड़तालिस घंटे के बैक अप के साथ होनी चाहिये मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये निर्वारित पैकेज के अनुसार ही धनराशि ली जाय तथा प्राइवेट अस्पतालों में संक्रमित मरीजो के लिये मानक के अनुरूप स्तरीय सुविधायें सुनिश्चित की जाय उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से बचाव और उपचार के लिये जागरूकता फैलाने के उददेश्य से पूलिस और प्रशासन मिल कर पब्लिक एडेस सिस्टम के माध्यम से अभियान चलायें मॉस्क न पहनने वालों के प्रति सदभावनापर्ण ढंग से कार्यवाही की जाय जिससे कोरोना काल में मॉस्क पहनने की आवश्यकता के महत्व से लोग परिचित हो सकें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया श्री सिंह कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत के बारे में उनकी समझ असाधारण थी प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंह के निधन से बिहार और देश की राजनीति में शन्य पैदा हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघ्वंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री योगी ने ट्वीट कर के कहा कि सादगी की अप्रतिम मिसाल और ग्रामीण पृष्ठभूमि के वरिष्ठ नेता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन अत्यन्त द्खद है केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किये मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करते हये शोक संतप्त परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की देश में कल कोविड के चौरानबे हजार तीन सौ से अधिक नये मरीजों के सामने आने के साथ ही कल मरीजों की संख्या साढे सैंतालिस लाख को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक सैंतीस लाख दो हजार पांच सौ से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोरोना से ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव आठ आठ प्रतिशत है कोविड मृत्यु दर कम हो कर एक दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है प्रदेश सरकार पेराई मौसम में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के मजदूरों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है